पांचवें चरण में छह मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के नामांकन पत्रों की कल हुई जांच बृहस्पतिवार तक लिये जा सकेंगे नाम वापस केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को उनकी नागरिकता की स्थिति के संबंध में नोटिस जारी किया है गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से इस संबंध में तथ्यात्मक सूचना देने को कहा है उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया गया है सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत में कहा है कि दो हजार तीन में ब्रिटेन में बेकॉप्स लिमिटेड नामक कंपनी पंजीकृत है और राहल गांधी इस कंपनी में निदेशक और सचिव हैं उन्होंने बताया कि कंपनी का वार्षिक आय व्यय का विवरण दो हजार पांच और दो हजार छः में दाखिल किया गया जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया गया है दो हजार नौ में कंपनी को भंग करने के आवेदन में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी से नागरिकता की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है कल नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा अगर आपने भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया है तो स्पष्टीकरण भी आप ही को देना पड़ेगा इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है राहल गांधी जी ने खुद भ्रम की स्थिति पैदा की है और अब देश उनसे स्पष्टीकरण और क्लेरिफिकेशन चाहता है उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे भाजपा की राजनीतिक चाल बताया है श्री राहल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं सदैव रहेंगे इस प्रकार के फर्जीवाड़े अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं ताकि देश का ध्यान बेरोजगारी किसानों की पीड़ा और देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था से भटका सकें लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिये प्रचार जोर शोर से चल रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिये नहीं बल्कि यह भी फैसला करेगा कि इक्कीसवीं सदी में विश्व में भारत का क्या स्थान होगा प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश चाहता है कि भारत महाशक्ति बने भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए ये मजबूत सरकारये सपा बसपा वाले दे सकते हैं क्या कल बहराइच में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिये एक मजबूत सरकार की जरूरत है और यह केवल भाजपा के ही माध्यम से संभव है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिये चुनाव लड़ रहे हैं जबकि जनता इसके लिये दो हजार चौदह के चुनाव की तरह इस बार भी तैयार नहीं है उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा देना भाजपा का मुख्य एजेंडा है प्रधानमंत्री ने बाराबंकी के हैदरगढ़ में पार्टी के प्रत्याशी उपेन्द्र रावत के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कालाधन रखने वालों पर हमला किया और गरीबों किसानों तथा महिलाओं के हक में अनेक योजनाएं चलाई श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की योजनाओं से महिलाओं को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पार्टी की सरकारों ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार किया लेकिन देश के विकास के लिये उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और उनका एकमात्र लक्ष्य मोदी को हटाना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के धौरहरा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा में कहा कि जनता एकबार फिर मोदी सरकार पर अपना विश्वास दिखा रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता से सम्पर्क किया और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की राहल गांधी की नागरिकता के सवाल पर प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा कि राहुल तो जन्म से ही भारत के नागरिक है उनकी नागरिकता को लेकर उठाये जा रहे सवालों को प्रियंका ने सिरे से नकार दिया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल बांदा के अतर्रा में आयोजित जनसभा में केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला श्री यादव ने कहा कि योगी सरकार में एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं किया गया सपा अध्यक्ष ने कौशाम्बी में भी पार्टी प्रत्याशी के सम्थन में जनसभा को संबोधित किया वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने धौरहरा में च्नावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छह हजार रूपये से किसानों का भला होने वाला नहीं है लोकसभा चुनाव के चार चरणों का मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न होने के बाद अब पांचवें चरण में छह मई को होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है इस चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर चुनाव होगा जिसमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा सीटें शामिल हैं जिन पर एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैजाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल है लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सपा प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं वहीं अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला है रायबरेली सीट पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी धौरहरा सीट पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद फैजाबाद सीट पर निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री एवं गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव चुनाव मैदान में हैं लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की कल जांच की गई जिसमें कुशीनगर संसदीय सीट पर दो उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिये गये वहीं मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर नौ प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिये गये इस चरण की प्रमुख संसदीय सीट वाराणसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और गठबंधन प्रत्याशी तेज बहादुर यादव भी चुनाव मैदान में हैं

कल यानी बृहस्पति को नाम वापसी की अंतिम तिथि है मतदान उन्नीस मई को होगा चौथे चरण के मतदान के बाद हमीरपुर लोकसभा सीट के महोबा जनपद में नौगांव फदना के प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या एक सौ सत्ताईस में प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक ईवीएम मतदान केन्द्र से गायब हो गया करीब पन्द्रह घंटे बाद ईवीएम बस स्टैंड के पास एक बोरी से बरामद की गई जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी सहित चार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिये हैं उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बनाये रखने के लिये बूथ के पोलिंग एजेंट को बुलाकर बरामद ईवीएम की सील की जांच कराके उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है प्रदेश भर में आज मई दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर श्रमिक संगठनों द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं राज्यपाल राम नाईक ने मई दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों एवं श्रमिक परिवारों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की है निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर प्रदेश में चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां करने और सांप्रदायिक बयान देने के आरोप में चुनाव प्रचार करने पर अड़तालिस घंटे की रोक लगा दी हैं